कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेशमर के तीर्थस्थलों में हो रहा है महास्नान पुष्कर का धार्मिक मेला आज हुआ संपन्न

गुरूद्वारों में हो रहे है विशेष कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के लिये प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान ने गति पकडी ली है कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता आज से सघन चुनाव प्रचार अभियान पर लग गये है भाजपा के प्रदेश मे चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज जोधपुर में प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया इससे पहले वे मीडिया से रूबरू हुए और कई मुद्दों पर बातचीत की उन्होंने कांग्रेस को अहंकारी पार्टी बताते हए नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे है बांसवाडा में चुनाव प्रचार से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कहने के लिये कुछ नहीं है

कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट आज टोंक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ में पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे है

वे कुल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की पहली सभा रविवार को अलवर में होगी सोमवार को श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम तथा कोटा में जनसमाओं को सम्बोधित करेंगे

प्रदेश के चुनावी रण में मुकाबले की तस्वीर साफ हो गयी है

क्छ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय और बहुकोणीय बनता नजर आ रहा है कांग्रेस और भाजपा के कई बागी उम्मीदवार अब भी मैदान में जमे हुए है भाजपा में मंत्री सुरेन्द्र गोयल हेमसिंह भडाना राजकुमार रिणवा और धनसिंह रावत ने मैदान नहीं छोडा है और निर्दलीय लड रहे है

इनमें तीन मंत्री भी शामिल है वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री महादेव सिंह खण्डेला बाबूलाल नागर और रामकेश मीणा कांग्रेस के लिये परेशानी का सबब बने हुए है

राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया सी विजिल एप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है जुलाई में निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल मोबाइल एप लॉन्च किया गया था

कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेशभर के तीर्थ स्थलों पर श्रद्वालुओं का जमावडा लगा हुआ है आज कार्तिक पूर्णिमा का महा स्नान हो रहा है पुष्कर मे चल रहा धार्मिक मेला इसके साथ ही संपन्न हो गया है

कार्तिक पूर्णिमा पर झालावाड के झालरापाटन में चन्द्रभागा नदी में आधी रात से ही नदी में डुबकी लगाकर राज्य के प्राचीन चन्द्र मोलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर दान प्रण्य का दौर चल रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे